कहा राष्ट्र को अपने सुरक्षा बलों पर गर्व और पूरा विश्वास

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के अपराधियों को हमारे सुरक्षा बल कड़ी सजा देंगे महाराष्ट्र के यवतमाल में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे धैर्य बनाये रखें श्री मोदी ने कहा कि वे आतंकी हमले में जवानों के शहीद होने पर जनता के आक्रोश को समझते हैं उन्होंने कहा कि राष्ट्र को अपने सुरक्षाबलों पर गर्व और पूरा विश्वास है उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों को स्थिति से निपटने की पूरी छूट दी गई है

शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा आतंक केसरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जरूरदी जाएगी पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हमारे पड़ोसी देश का दूसरा नाम बन गया है

जन सभा के दौरान शहीदों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया आतंकी हमले में शहीद हये बिहार निवासी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दोनों जवानों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया शहीद रतन कुमार ठाकुर की अंत्येष्टि आज उनके गृह जिले भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी के तट पर किया गया गंगा घाट पर सीआरपीएफ और बिहार पुलिस के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया शहीद रतन कुमार ठाकुर के पुत्र कृष्णा ने उन्हें मुखाग्नि दी इस अवसर पर केन्द्र के प्रतिनिधि के तौर पर केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे गिरीराज सिंह और राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री रामनारायण मंडल उपस्थित थे इससे पूर्व वीर जवान की अंतिम यात्रा शुरू हुई इस दौरान लोग रतन अमर रहे का जय घोष कर रहे थे वहीं मसौढ़ी निवासी शहीद जवान संजय कुमार सिन्हा का अंतिम संस्कार फतुहा में गंगा नदी के किनारे त्रिवेणी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव और राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उपस्थित थे इससे पहले राज्य के दोनों शहीद जवानों का पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से पटना हवाई अड्डे पर लाया गया जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रामकृपाल यादव राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव राज्य के अनेक मंत्री और राजनीतिक दलों के नेताओं ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की दोनों जवानों के पैतृक गांव में अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा पुलवामा आतंकी हमले में राज्य के शहीद हुये सीआरपीएफ के दोनों जवानों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से छत्तीस छत्तीस लाख रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिजनों को ग्यारह ग्यारह लाख रूपये अनुग्रह राशि और मुख्यमंत्री राहत कोष से पच्चीस पच्चीस लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दिए जाने की घोषणा की पटना और भागलपुर के जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से परिवारों से मिलकर यह मदद देने को कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के परिवारों को हरसंभव सहायता दी जाएगी उन्होंने कहा कि दोनों जिलाधिकारियों को शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह और अन्य आवश्यकताओं के बारे में जानकारी लेने को भी कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से जो नियम बना हुआ है उसके अतिरिक्त भी हर सम्भव मदद दी जायेगी प्रसार भारती बोर्ड ने पुलवामा आत्मघाती हमले की निंदा की है अपने संदेश में बोर्ड ने शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेपत्ति ने भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है शेखप्रा की जिलाधिकारी इनायत खान ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान संजय कुमार सिन्हा और रतन कुमार ठाकुर की एक एक बेटी को गोद लेने की घोषणा की है जिलाधिकारी ने कहा कि वो दोनों शहीदों की एक एक बेटियों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी बेहतर परवरिश के लिए आजीवन खर्च उठायेंगी इनायत खान ने कहा कि पूलवामा की घटना से पूरा देश मर्माहत है और सभी देशवासियों को इस घड़ी में शहीदों के परिवारों के साथ सहयोग करना चाहिए पुलवामा आतंकी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति पर विचार के लिए नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में इस जघन्य हमले की कड़ी निन्दा की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया सभी दलों ने इस हमले की भर्तसना की बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों तथा आतंकवादियों को सीमा पार से मिल रहे समर्थन की कड़ी निंदा की गई प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत में सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश ने इस चुनौती से निपटने में द्रढ़ता का परिचय दिया है बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री बरौनी में आयोजित समारोह में महत्वाकांक्षी पटना मेट्रो रेल परियोजना और पटना के घरों में पाईप के जरिये रसोई गैस पहुंचाने की योजना सहित तैंतीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे श्री मोदी बरौनी रिफाइनरी की क्षमता विस्तार परियोजना विमानों के ईंधन बनाने की यूनिट और अमोनिया यूरिया उर्वरक कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का भी श्रभारंभ करेंगे वे बरौनी उलाव एयरपोर्ट पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं श्री मोदी पटना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे इसके अलावा वे कई रेलखंडों के विद्युतीकरण और रांची तथा पटना के बीच साप्ताहिक ट्रेन के परिचालन की शुरूआत भी करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट की परीक्षा आज समाप्त हो गयी इस दौरान राज्यभर के बत्तीस जिलों से चार सौ बत्तीस छात्रों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया छह जिलों में निष्कासन का एक भी मामला सामने नहीं आया एक मार्च से उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो जायेगा देश में शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाली एक संस्था ने बिहार में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में सीखने के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है सर्वे रिपोर्ट में पन्द्रह से सोलह साल आयु वर्ग के लगभग ग्यारह प्रतिशत बच्चों के स्कूलों में नामांकन से वंचित होने पर चिंता जतायी गयी है गैर सरकारी संस्था प्रथम ने शिक्षा की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार में दस वर्ष पहले सीखने का स्तर राष्ट्रीय औसत से ऊपर था लेकिन इसमें गिरावट आई है यह सर्वेक्षण राज्य के सभी अड़तीस जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया सीवान जिले के मैरवा से पूर्व विधायक गिरधारी राम और भभुआ के पूर्व विधायक विजय शंकर पांडेय का निधन हो गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव स्वाथ्य मंत्री मंगल पांडेय समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने दोनों दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत खोरी के मामले में बेतिया के तत्कालीन अपर समाहर्ता सह जन शिकायत निवारण पदाधिकारी रंजीत प्रसाद सिंह को दोषी करार दिया है औरंगाबाद जिले के दाउदनगर और नासरिगंज के बीच सोन नदी पर बने फोर लेन पुल को आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया

कहा राष्ट्र को अपने सुरक्षा बलों पर गर्व और पूरा विश्वास